मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

प्रधानमंत्री ने वच्र्अल माध्यम से वाराणसी के कोविड टीकाकरण अभियान के लाभार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत के दौरान यह बात कही श्री मोदी ने लाभार्थियों और भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए कोविड टीकाकरण कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड योद्वाओं ने महामारी से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने टीकाकरण अभियान के पहले चरण में खुद टीके लगवाकर निर्णायक कदम उठाया है उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का टीका लगवाने का कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे वे बिना किसी भय के अपना काम कर सकेंगे

इसी के तहत एक और महत्वपूर्ण जानकारी देते हुये नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की विशेषज्ञ डॉ रूपाली मलिक ने बताया कि कोविड़ टीका अनिवार्य नहीं है पर लोगों को अपने और दूसरों के बचाव के लिये इसे लगवाना चाहिए

हमारे संवाददाता ने बताया कि दिसम्बर माह के मुकाबले जनवरी में कोरोना संक्रमण और कम हुआ है

इस अवसर पर कर्मचारियों को कोरोना जागरूकता की शपथ दिलाई गई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

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र को इस संबंध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया

राज्यपाल कलराज मिश्र ने सत्र बुलाने की आज्ञा प्रदान की है इस सत्र में बजट के अलावा कई महत्वपूर्ण विधेयक लाये जाने की संभावना है राज्य सरकार ने बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके लिए नागरिकों से सुझाव मांगे गये है

राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज इस बारे में वारन्ट जारी किया भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी महेश गोयल को मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है

इस बार गेहद चावल मोटा अनाज रेपसीड और सरसों सहित अन्य लगभग सभी फसलों के कवरेज क्षेत्र में वृद्धि हुई है केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के अथक परिश्रम से यह उपलब्धि संभव हो सकी है

इसके लिये श्रोता अपने सुझाव नमो एप या माई जीओवी ओपर फोरम पर भेज सकते हैं

हमारे संवाददाता ने बताया कि फेस्टिवल के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में पक्षी प्रेमी शामिल हो रहे है

जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर को रेस्क्यू किया घटना के बाद मालगाड़ी को काफी देर तक लाईन पर रोके रखा गया जिससे रेल यातायात बाधित रहा रेंजर राजेंद्र विजय ने बताया कि ट्रैक पर आने से पैंथर मालगाड़ी की चपेट में आ गया था डॉक्टर की टीम ने पैंथर को ट्रैंक्यूलाइज किया और प्राथमिक उपचार के बाद इसे कोटा के चिड़ियाघर रेफर किया गया है

राजधानी जयपुर में तापमान में मामूली कमी आई

मौसम विभाग ने सीकर भरतपुर अलवर च्रू हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर में कल से लिये श्रीतलहर और कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है